सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बांड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराये

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायधीश दीपक ग्प्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की यचिका पर वे आदेश दिया

योजना के अन्सार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो च्नावी बांड खरीद सकता है ये बांड व्यक्तिगत या संयक्त रूप से भी खरीदे जा सकते है

च्नावी बांड योग्य राजनीतिक दल दवारा किसी अधिकृत बैंक के बैंक खाते द्वारा ही भुनाए जा सकेंगे

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ फिल्म के निर्माताओ की और से दायर याचिका पर स्नवाई करेगी निर्वाचन आयोग ने यह फिल्म च्नावों के दौरान दिखाये जाने पर ब्धवार को ये कहते हये रोक लगा दी थी कि ऐसी कोई फिल्म इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर नहीं दिखाई जानी चाहिए जिससे किसी राजनीतिक दल या उससे जुड़े व्यक्ति का लाभ मिल सके शीर्ष अदालत ने मंगलवार को याचिका पर वे कहते हये रोक लगा दी थी कि च्नाव आयोग इसका फैसला करेगा उप राष्ट्रपति वैकंया नायड् ने कहा है कि बैंको के बकाया कर्ज बढ़ना चिता का विषय है क्योकि इससे उनकी ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है

उन्होंने कहा िक बैंको का अपने फंडो पर निगाह रखने की आंतरिक प्रक्रिया मजबूत बनानी चाहिए और ऋण देने मे नियमों और शर्तो का कड़ाई से पालन करना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि वित्तीय समावेश परिवर्तन का मूल आधार है और बैंको को सेवाओ में स्धार लाने और जानकारियां लीक होनेसे रोकने की दिशा में और बेहतर उपाय करने चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में डिजीटल क्रांति और नई तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है ताकि लोग ऑन लाइन ही बैंक स्विधाओं का लाभ उठा सके आम आदमी पार्टी और जन नायक जनता पार्टी ने आज हरियाणा की दस लोकसभा सीटों पर मिलकर च्नाव लड़ने का फैसला किया है जन नायक जनता पाटीर का श्रूआत हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र दुष्यंत चौटाला ने की है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि जन नायक जनता पार्टी सात सीटों पर चुनाव लड़गी

पलवल अनाज मंडी में आढ़तियों की हड़ताल आज समाप्त हो गई है मंडी ऐसोसिएशन के प्रधान सुरेन्द्र मंगला ने बताया कि जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है अनाज मंडी में वेयर हाउस एजेंसी ने गेहं की खरीद श्रू कर दी है

सीमा सुरक्षा बल की तीन कंपनियां पहले ही हरियाणा पहुंच च्की है और दो और कंपनियां अति शीघ्र पहंच जायेगी उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सशस्त्र बलों की शेष कंपनियां पांचवे चरण के मतदान के बाद हरियाणा में च्नाव की कमान संभालेगी

उन्होंने कहा कि जिला प्रम्खों को संवदेनीशील और अति संवदेनशील बूथों की पहचान करने को कहा है कानून व्यवस्था पर नज़र रखी जा रही है बीएसएफ की कंपनियां मतदाताओं मे विश्वास व सुरक्षा की भावना कायम रखने के लिये फलैग मार्च कर रही है

पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला में हुई के दौरान दर्ज देशद्रोह मामले मे आरोपी पवन इंसा स्रेन्द्र धीमान और राकेश को ज़मानत दे दी है ग्रमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद भड़की हिंसा में इन तीनों पर हिंसा की साजिश रचने को आरोप है उच्चतम न्यायालय ने तीनों को पांच पांच लाख रूपये का ज़मानती बांड भरने का आदेश दिया है इससे पहले चमकौर सिंह और दान सिंह को भी ज़मानत दे चुकी है माता मनसा देवी मंदिर में आज सातवे नवरात्र पर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश कृष्ण मुरारी नत मस्तक हऐ और मां का आर्शीवाद लिया अम्बाला मंडल की आयुक्त श्रीमती दीप्ती उमाशंकर ने भी माता मनसा देवी मंदिर में माता के दर्शन किए और हवन यज्ञ में आहूति डाली उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस तहर के आयोजन न केवल भारतीय सांस्कृति की पहचान है बल्कि ऐसे स्थलों के दर्शन और भ्रमण करने व्यक्ति का मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है

केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिह ने कहा है कि राफेल मामले पर उनके रक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि वे इसमें कोई घोटाला नहीं हआ विपक्ष बेवजह इसको लेकर शोर मचा रहा है राव इनद्रजीत सिंह आज रेवाड़ी में पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनके रक्षा राज्यमंत्रीरहते हये राफेर पर विचार हआ थ कांग्रेस की तुलना में इस पर खर्चा कम करने की बात हई थी

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने बिना हिचकिचाहट के देश में गंदगी होने की बात को स्वीकार किया और स्वच्छता अभियान चलाकर इस अभियान को समाप्त करने का प्रयोग किया यमुनानगर जिले में आज तड़के जगाधरी बूढिया बीकेडी रोड खारवन दादूपुर आदि इलाकों में तेज़ अंधड़ चला जिसे जन जीवन प्रभावित रहा

हमारे संवाददाता ने बताया कि बिजली के खंभे टूटने से इन क्षेत्र में बिजली बंद रही सुबह व दोपहर को पानी बंद रहा